सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित जांच के लिये पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संवेग नाम से अभियान की शुरूआत करेंगे यह कार्यक्रम प्रदेश के तीन जिलों पटना गया और मधुबनी सहित देश भर के एक सौ जिलों में सौ दिनों के लिये चलाया जायेगा इस दौरान विभिन्न केन्द्रीय मंत्री सरकार और वित्तीय संस्थाओं से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से उद्यमियों को अवगत कराने के लिये इन जिलों का दौरा करेंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरीराज सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे बिहार के तीन जिलों में पटना को एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मधुबनी को हस्तशिल्प तथा गया को हस्तकरघा कलस्टर के लिये चुना गया है वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से चयनित जिलों के उद्यमियों के साथ बातचीत करेंगे इस दौरान इन उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने बाजार सुविधाएं जुटाने और कारोबार की अन्य सुविधाएं देने के बारे में घोषणाएं की जा सकती हैं उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रिपोर्ट दो हजार उन्नीस में भारत के तेईस स्थान की लंबी छलांग एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है उन्होंने कहा कि इससे उद्योग व्यापार में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से ग्यारह करोड़ लोगों के प्रदेश में हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया गया उन्होंने कहा कि जिस बिहार में पंद्रह साल पहले पटना भागलपुर गया मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों को भी पूरी बिजली नहीं मिलती थी और लालटेन ही गांव की पहचान हुआ करते थे उस राज्य में एनडीए सरकार ने लालटेन यूग समाप्त कर दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर नामांकन में लापरवाही बरतने वाले चौदह कर्मियों को निलंबित कर दिया है साथ ही इस मामले में उप सचिव और एकेडमिक निदेशक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है इन लोगों पर आरोप है कि हाजीपुर के शियाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोमा राजापाकर का नाम बोर्ड के पोर्टल पर नहीं डाला था जिसके चलते वहां पर नामांकन नहीं हो सका जबकि इस कॉलेज की संबद्धता न तो रद्द थी और न ही निलंबित बिहार बोर्ड ने इस विद्यालय समेत चार कॉलेजों में ऑन स्पॉट नामांकन का मौका दिया है विद्यार्थी पंद्रह नवंबर तक नामांकन करा सकेंगे गौरतलब है कि बिहार बोर्ड के लगभग सौ कर्मी अब तक विभिन्न आरोपों में निलंबित किये जा चुके हैं मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र के एनजीओ के सदस्यों की चल अचल संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गयी है मुजफ्फरपुर के मुसहरी के अंचलाधिकारी ने जिलाधिकारी मोहम्मद सोहैल के आदेश पर ब्रजेश ठाकुर की पत्नी प्रोफेसर आशा के साहू रोड स्थित आवास समेत एनजीओ के सभी छह सदस्यों के मकानों पर नोटिस चिपका दिया है इधर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बालिका गृह यौन शोषण कांड में पटना के बेऊर जेल में बंद निलंबित बाल संरक्षण अधिकारी रवि रौशन की बेल अर्जी खारिज कर दी है रवि रौशन के अधिवक्ता ने पच्चीस अक्टूबर को जमानत के लिये कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बत्तीस हजार कनीय अभियंताओं की बहाली जल्द की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बाद विभाग ने विशेष सर्वेक्षण के लिये रिक्ति निकाली है सिविल कनीय अभियंताओं को अमीन के जगह पर बहाल करने का निर्णय लिया गया है अगले महीने तक बहाली की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है राज्य सरकार ने जमीन सर्वे के लिये पंद्रह सौ करोड़ रूपये की राशि का भी आवंटन किया है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बहुमुखी विकास के लिए तत्परतापूर्वक प्रयास कर रही है राजभवन में सर सैयद माइनॉरिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कहा कि राज्य में शांति और सद्भावना का माहौल है तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण की समस्त योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो रही हैं उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सुद्रढ़ीकरण के लिए भी हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि इस वर्ष दिसंबर तक पश्चिम चंपारण जिले में मिसरौली से परसौनी तक सड़क और इनके बीच पड़ने वाले नहर पर पुल का निर्माण कर लिया जाएगा श्री यादव ने बताया कि सौ करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली इस योजना के पूरा होने से पश्चिम चम्पारण जिले के विकास के लिए एक नया द्वार खुलेगा रेलगाड़ी से गिरकर और कटकर मौत के शिकार लोगों के क्लेम के नाम पर सौ करोड़ रूपये से अधिक के घोटाला मामले की जांच शुरू हो गयी है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित जांच के लिये पटना पहुंच गये हैं साथ में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायमूर्ति कन्नन और ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार के पी यादव भी पटना आये हैं जांच टीम ने घोटाले से जुड़े सारे कागजातों का अवलोकन शुरू कर दिया है इसके अलावा मृतकों के घर जाकर भी मामले के सबूत जुटाये जा रहे हैं गौरतलब है कि इस घोटाले के तहत एक ही नाम से दो से चार बार तक मुआवजा दिया गया है राज्य सरकार ने फसल सहायता योजना की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है अब किसान पंद्रह नवंबर तक इसके लिये आवेदन कर सकेंगे सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने सभी किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन करें अब तक लगभग साढ़े नौ लाख निबंधित किसानों ने फसल सहायता योजना के लिये आवेदन किया है रक्षा मंत्रालय ने दरभंगा में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर घरेलू विमानों के उड़ान शुरू करने की अनुमति दे दी है इससे दरभंगा में हवाई यातायात को बढ़ावा मिलेगा रक्षा मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपने खर्च पर दरभंगा एयरबेस की जमीन घरेलू उड़ान के लिये पांच साल की लीज पर दी जा रही है पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने साइकिल पोशाक किशोरी स्वास्थ्य और छात्रवृति योजनाओं की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले तिरासी प्राचार्यों का वेतन रोक दिया है योजना और लेखा के डीपीओ अब्दुस सलाम अंसारी ने बताया कि इन सभी प्राचार्यों को आज तक का समय दिया गया है सारी जानकारी मिलने के बाद ही इनका वेतन निर्गत किया जायेगा दीपावली के त्योहार के दौरान सात से लेकर ग्यारह नबंबर तक सभी बैंक बंद रहेंगे इसको देखते हुये बैंकों से संबंधित कार्य छह नवंबर तक निपटाने की सलाह दी गयी है राज्य में डेंगू पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है पटना में कल डेंगू के अस्सी नये मरीजों का पता चला पीएमसीएच में अब तक आठ सौ नौ मरीजों में डेंग् की पुष्टि हो चुकी है कैमूर जिले में मोहनिया थाना क्षेत्र के बरैन गांव के पास एक पिकअप वैन के पलट जाने से उस पर सवार बाईस लोग घायल हो गये घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सूबे में हर घर पहुंची बिजली अखबार की एक अन्य खबर है पटना समेत देश के बीस शहरों को दो हवाई अड्डों की जरूरत दैनिक जागरण का शीर्षक है राम मंदिर के निर्माण पर भाजपा अभी नहीं दिखायेगी जल्दबाजी अखबार की एक अन्य सुर्खी है दिसंबर दो हजार उन्नीस तक जर्जर तार बदले जायेंगे प्रभात खबर लिखता है अब पोलिटेक्निक के छात्रों को भी मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अखबार की एक अन्य खबर है दीपावली की रात आठ से दस बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखे दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिहार के सभी एक करोड़ चालीस लाख घरों में पहुंची बिजली एक साल में हर खेत तक पहुंचेगी राष्ट्रीय सहारा लिखता है मोदी को हराने की गोलबंदी में जुटे चंद्राबाबू

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित जांच के लिये पटना पहुंचे